श्री मोदी ने सुझाव दिया है कि सार्क के सभी सदस्य देशों के नागरिकों को स्वस्थ बनाये रखने के लिए इन देशों के नेताओं को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये विचार विमर्श करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज कई ट्वीट संदेशों में कहा कि हम एकजुट होकर दुनिया के लिए मिसाल पेश कर सकते हैं और द्निया को स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना वायरस नियंत्रण में है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस बीमारी को महामारी तो घोषित नही किया है लेकिन उसके कुछ प्रावधान को लागू करने का फैसला किया है इसके लिये स्वास्थ्य विभाग को एलर्ट किया गया है मुख्यमंत्री आज लखनऊ के लोकभवन में कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश की स्थिति की समीक्षा बैठक करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उधर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये प्रदेश सरकार ने बाईस मार्च तक सभी शिक्षण संस्थानों को बन्द करने का निर्णय लिया है जहां पर बोर्ड की परीक्ष चल रही है वहां शिक्षण संस्थान केवल परीक्षा के समय तक खुले रहेंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करने को कहा है एक रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि बड़ी सभाओं में हिस्सा लेने से बचें यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मुंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हांथों को बार बार सावन पानी से धोएं या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए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 चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहनें या मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि गंगा के बिना भारत की आध्यात्मिकता ज्ञान संस्कृति या अर्थव्यवस्था का इतिहास नहीं लिखा जा सकता गंगा आमंत्रण अभियान के उद्घाटन समारोह को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत ने दुनिया को भाषा विज्ञान धार्मिक अनुसंघान आध्यात्मिकता और मूल्यों से संबंधित सबसे अधिक ज्ञान दिया है और गंगा इसका प्रतीक है उन्होंने कहा कि गंगा जैसी श्रद्वा विश्व में किसी भी नदी के लिए नहीं है केन्द्र सरकार ने बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के दो हजार बीस के कानून पॉक्सो को अधिसूचित किया है इसके तहत अविनियम में हाल में किये गये कठोर सजा के प्रावधानों को लागू करने में मदद मिलेगी इसके अलावा बच्चों के अश्लील चित्रण को रोकने के लिए भी कानूनी प्रावधानों को और सख्त किया गया है अधिसूचना के अनुसार इस तरह की सामग्री को अपने पास रखने बांटने अथवा प्रचारित करने के लिए भी सजा कड़ी कर दी गई है राज्य सरकारों से कहा गया है कि ये बच्चों के सरक्षण की नीति बनाये जिसमें बच्चों के खिलाफ हिंसा को जरा भी बर्दाश्त न करने की व्यवस्था हो दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव में दुष्कर्म पीडि़ता के पिता की हत्या के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आज दस साल की कैद की सजा सुनाई है जिला न्यायावीश धर्मेश शर्मा ने कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई अतल सेंगर को पीडिता के परिवार को दस दस लाख रूपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है पीडिता के पिता की नौ अप्रैल दो हजार अट्ठारह को न्यायिक हिरासत के दौरान मौत हुई थी सेंगर पर आरोप था कि उसने दो हजार सत्रह में पीडिता का अपहरण कर कथित रूप से दुष्कर्म किया था और उस समय वह नाबालिग थी

आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान लिखित उत्तर में डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह बात कही पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल रात से ही गरज चमक के साथ रूक रूक कर बारिश हो रही है प्रदेश के कई जिलों में ओले गिरने की भी सूचना है वाराणसी के पिण्डरा बरहीकला में बारिश और तेज हवा से तीस कच्चे मकान गिर गये और दो किलोमीटर के क्षेत्र में खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है मौसम किमाग ने आने वाले दो दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका जतायी है